आज प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रवासियों के द्वारा पीएम केयर फण्ड में योगदान से देश की स्वास्थ्य सेवाओं को बल मिला है श्री मोदी ने कहा कि भारत ने तकनीक के प्रयोग से भ्रष्टाचार को हराया है और लाखों करोड़ों रूपए आज सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं तब प्रवासी भारतीय ब्रैण्ड इंडिया को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे श्री मोदी ने यूवाओं से भारत की संस्कृति और गौरव का विश्वभर में प्रचार प्रसार करने के लिए तकनीक का उपयोग करने को कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर एक ट्वीट संदेश मे प्रवासियों भारतीयों को भारत का सद्भावी राजदूत बताया है उन्होंने प्रवासी भारतीयों को बधाई भी दी है

उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा संबंधित जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी कराने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जा रहा है

उन्होंने वैक्सीनेशन के प्रबंधन और सफल क्रियान्वयन के लिए समस्त जिला कलक्टरों को निर्देश दिए हैं श्री आर्य ने सभी लाभार्थियों का डाटा कोविड सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने तथा समय पर पूरे टीकाकरण अभियान को सुनियोजित तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए है मुख्य सचिव ने कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में अफवाहें फैलने से रोकने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है

पर्यटन विभाग के निदेशक ने बताया कि राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति और ट्रेवल एजेंसी पंजीकरण संबंधी कार्य के लिए समस्त आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे